रंगारंग कार्यक्रम और आकर्षक मार्चपास्ट के साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता भोपाल में शुरू

शिक्षा ऋण सीतारमण केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह समझाया गया है कि ऋण की वसूली के लिए अनुचित तरीके न अपनाएं

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा ऋण चुकाने के लिए बैंकों से असहनीय दबाब के कारण विद्यार्थी की आत्महत्या का कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण माफ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ओडीएफ भारत भारत के सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण इलाके खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं यह जानकारी आज केन्द्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने राज्यसभा में दी

मंत्री ने बताया शहरी इलाके बहुत पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं

इन परिणामों से चार महीने प्रानी भारतीय जनता पार्टी सरकार को जीवनदान मिल गया है

अयोध्या पुनर्विचार अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिन्दू पक्ष की ओर से अखिल भारत हिन्दू महासभा ने पुनर्विचार याचिका दायर की है महासभा के अधिवक्ता ने बताया कि याचिका में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने के सर्वोच्च अदालत के फैसले का विरोध किया गया है यचिका में मांग की गई है कि फैसले में बाबरी विध्वंस को गैरकानूनी बताने वाली टिप्पणी को भी हटाया जाये

वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का निर्देष दिया था शिवराज धरना भोपाल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पीड़ित के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने धरना दिया धरनास्थल पर श्री सिंह ने इस मामले को फास्टट्रेक अदालत में चलाने की मांग की उन्होंने कहा कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर दोषियों को फांसी पर लटकाया जाये बाद में श्री चौहान ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की

उधर श्री चौहान के धरने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वे इस संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि बेटियों की रक्षा के लिए यदि इतनी सक्रियता उन्होंने अपनी सरकार के समय दिखाई होती तो उन्हें आज धरने पर नहीं बैठना पड़ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश विविध भाषाओं संस्कृतियों और विविधताओं से भरा देश है उद्घाटन समारोह को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी और आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने भी संबोधित किया

प्रतियोगिता के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आये लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगें

प्रकाशपर्व विशेष ट्रेन जबलपुर से एक विशेष ट्रेन आज पंजाब के आनंदपुर साहिब के लिये रवाना हुई

गौरतलब है कि प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज के प्रसिद्व धार्मिक स्थलों के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों से निरंतर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है इससे पहले भी जबलपुर से अमृतसर साहिब भोपाल से बिहार के पटना साहिब इंदौर से महाराष्ट्र स्थित सचखंड साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गई हैं आज आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में नरसिंहपुर इटारसी व होशंगाबाद के सिख श्रद्वालु रवाना हुए फाउण्टेन फिल्म देश के सबसे बड़े म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन का उद्घाटन आज भोपाल के बड़े तालाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया फाउंटेन की शुरुआत महात्मा गांधी के जीवन पर बनी एक फिल्म से हुई यहां जल और प्रकाश के समन्वय से महात्मा गांधी के साथ साथ भोपाल के इतिहास और ऐतिहासिक चरित्रों पर केन्द्रित फिल्मों को दर्शाया जायेगा रूस प्रतिबंध रूस अगले चार साल तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेगा खेल स्पर्धाओं में रूस के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां को लेने के आरोप में गलत नमूने भेजने पर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने ये प्रतिबंध लगाया है मौसम उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम तापमान बैतूल में आठ डिग्री दर्ज किया गया

इसके तहत स्वच्छ पर्यावरण मानव अधिकार विषय परिचर्चा आयोजित की गई है जिसमें कलेक्टर एसपी सहित कई गणमान्य नागरिक भाग लेंगे

इस दौरान कृषकों को मृदा परीक्षण की आवश्यकता और पर्याप्त मात्रा मे खाद के उपयोग की महत्ता के विषय मे बताया गया